उन्होंने पिछली सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया

कल झांसी में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण फैंसले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अमेठी में पांच सौ अड़तीस करोड़ रुपये से अधिक लागत की सत्रह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया इन परियोजनाओं में एके दो सौ तीन राइफल बनाने वाली एक फैक्टरी भी शामिल है इसमें रूस के सहयोग से क्लाशनिकोव श्रृंखला की अत्याध्निक राइफल बनाई जाएगी बाद में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां बनने वाली राइफलों से आतंकवादियों और नक्सलियों से निपटने में सुरक्षा बलों को आसानी होगी

अमेठी की फैक्ट्री में आप लाखों के तादात में ये राइफलें बनाई जाएगी आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी

प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हए कहा कि सेनाओं ने दो हजार पांच में तत्कालीन सरकार से आध्निक हथियारों की मांग की थी और अमेठी में दो हजार सात में आधुनिक हथियार बनाने के कारखाने की बुनियाद रख दी गई लेकिन दो हजार दस तक तत्कालीन सरकार यह फैसला नहीं कर पाई कि यहां कौन सा हथियार बनाना है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सेनाओं की आध्निक हथियारों की मांग को पूरा करने का फैसला किया

यह हमारी ही सरकार है जिसने बीते साढ़े चार वर्षों में दो लाख तीस हजार से ज्यादा बुलेट प्रफ जैकेट खरीदने का आर्जर दे दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की भी मदद की है उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं किसानों को उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशक मिल रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस राइफल फैक्टरी से रोजगार की संभावनाएं बढेंगी

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में इस राइफल के सभी कलपूर्ण अमेठी और आसपास के क्षेत्रों में बनाए जाने लगेंगे

प्रधानमंत्री ने पांच सौ अड़तीस करोड़ की लागत वाली इन सत्रह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें सड़क निर्माण विद्युत उप केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल तथा केन्द्रीय विद्यालय शामिल हैं आकाशवाणी समाचार के लिए अमेठी से मैं मुल्तान सिंह यादव जनसभा को सम्बोधित करते हुए रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश के लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी मदद करेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से रायफल फैक्ट्री के लिए रूस से समझौता हो सका है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहचान एक मजबूत देश के रूप में हुई है उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले उत्तर प्रदेश बीमार राज्य की श्रेणी आता था लेकिन श्री मोदी की विकास संकल्पना के आधार पर बनायी गयी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश अब विकास के पथ पर अग्रसर है जनसभा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने भी सम्बोधित किया केन्द्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल झांसी में छः सौ सोलह करोड़ रूपये की लागत वाली पच्चासी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने बुन्देलखण्ड की बेतवा नदी में जल मार्ग बनाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि अगले तेरह माह के भीतर गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बना दिया जायेगा जल मार्गो का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वाराणसी से प्रयागराज तक जल मार्ग बनाये जाने को मंजूरी दे दी गयी है उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नये क्षेत्रों की क्षमताओं को तलाश करना होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये इस निर्णय के तहत गेहूँ की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हज़ार आठ सौ चालीस रूपये प्रति कृत्तल की दर से की जायेगी मूल्य समर्थन योजना के तहत रवी ख़रीद वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस में प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने पचास लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा है गेहूँ खरीद का मूल्य भूगतान आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेहूँ खरीद के बहत्तर घंटे के अन्दर कर दिया जायेगा राज्य कैंबिनेट ने गरीब परिवारों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू करने का फैंसला भी किया है इस योजना में बच्चियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक पन्द्रह हज़ार रूपये दिये जायेंगे यह योजना अगले महींने की पहली तारीख से लागू होगी इस योजना का लाभ तीन लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बच्चियों को मिल सकेगा सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कल कुम्भ मेला क्षेत्र का दौरा किया वहां उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों पर प्रसारण सुविधाओं का अवलोकन किया श्री खरे ने रीजनल आउटरीच ब्यूरो के पवेलियन में आयोजित प्रदर्शनी भी देखी बाद में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्री खरे ने कुम्म मेले के दौरान आकाशवाणी के प्रभावी और आकर्षक समाचार प्रसारण की प्रशंसा की और कहा कि मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों ने इस अनूठे धार्मिक समागम का बेहतरीन कवरेज करने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पेश किया उन्होंने बताया इस महत्वपूर्ण आयोजन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की सभी इकाईयों ने चाहे वह प्रसार भारती के माध्यम से आकाशवाणी या द्ररदर्शन हो या जो प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी का आयोजन हो सभी ने इसमें बड़ा योगदान दिया है और विशेष रूप से जो जनकत्याण की योजनाएं हैं च्रकि यहां करोड़ो लोग इकठ्वा हो रहे हैं उनके बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए अपना योगदान विभिन्न इकाई ने दिया है

सोमवार के दिन महाशिवरात्रि का विशेष महात्म बताया जा रहा है वाराणसी गोरखपुर अयोध्या मथुरा नैमिषारण्य और चित्रकूट में स्थित प्रसिद्व शिव मंदिरो को भव्य तरीके से सजाया गया है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित शिव मंदिरों में शिवभक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है प्रमुख मंदिरों के आस पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं संगम के किनारों पर आज चारों तरफ हर हर महादेव और भगवान शिव के मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं रात में हुई बारिश के बावजूद महाशिवरात्रि के पावन स्नान के लिए देश विदेश से जुटे श्रद्वालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है स्नान के बाद लोग विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं पहली बार इस कुंस में दर्शन के लिए खुले अक्षय वट और सरस्वती कूप में आज श्रद्दालुओं का प्रवेश बंद रखा गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः संगम के किनारो पर आज चारो ओर हर हर महादेव और भगवान के मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं रात में हुई बारिश के बावजूद महाशिवरात्रि के पावन स्नान के लिए देश विदेश से जुटे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है स्नान के बाद लोग विभिन्न शिवमंदिरो में पूजा अर्चना कर रहे हैं मेलाधिकारी विजय किरण आनन्द ने बताया मनकामेश्वर सोमेश्वर और नागवासुकी सहित शहर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में इस अवसर पर विशेष इंतजाम किए गये हैं आज मेला क्षेत्र में साठ लाख से लेकर एक करोड़ लोगों के पहचने की उम्मीद है और इसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं